प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को नियमित नहीं करेगी सरकार

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गग्गल हवाई अड्डे को किया जाएगा विकसित

उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी प्राकृ तिक चिकित्सा की जीवन शैली में विश्वास करते थे

आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर भी लागू नहीं होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक मोहन लाल ब्राक्टा और विक्रमादित्य सिंह के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कर्मचारी सरकार के नहीं है बल्कि इनकी नियुक्ति कंपनी के माध्यम से की गई है उन्होंने कहा कि कंपनियां किसी का शोषण नहीं कर पाएंगी और जिन कम्पनियों के खिलाफ शोषण की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी विधायक राकेश पठानिया के अनुपूरक सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी पदों की भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता भी नहीं दी जा सकती है

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के निर्माण के लिए टैंडर आबंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है नेशनल हाईवे के काम में लगी पहली कम्पनी द्वारा वित्तीय स्थिति का हवाला देकर काम से इनकार करने पर हाईवे के निर्माण में देरी हुई है उन्होंने कहा कि ये मामला केन्द्र सरकार से भी उठाया गया था

इस पर विधायक राकेश पठानिया और राकेश सिंघा ने भी अनुप्रक सवाल पूछे विधायक राजेश ठाकुर के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार माइनिंग साइट के लिए अलग से सड़क बनाने का प्रावधान करेगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत सी एनजीओ ऐसी हैं जिनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं और उनका उपयोग गरीबों को धन देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया जा रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता थी और कांग्रेस के कार्यकाल में लाए गए इस संबंधी कानून में कम सजा का प्रावधान था और इसमें संशोधन अधिक हो रहे थे इस विधेयक पर हुई चर्चा में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज विधायक राकेश पठानिया आशा कुमारी राकेश सिंघा राकेश जम्वाल सुखविंद्र सिंह सुक्खू और जगत सिंह नेगी ने भी हिस्सा लिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक का प्रस्ताव आज विधानसभा में पेश किया इसमें विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था की गई है इस विधेयक को रखने के बाद इसे विधानसभा में पारित कर वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी मुख्यमंत्री वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली से मनाली आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की वाल्वो बस पर हरियाणा के पानीपत फ्लाई ओवर से पहले हुई गोलाबारी की घटना पर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से सदन को बताया कि इस घटना में दो से तीन लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ अंबाला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरढी ने हरियाणा के डीजीपी से बात की है डीजीपी हरियाणा ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की उचित जांच करवाकर मामले को जल्द से जल्द सुलझाए जाने का प्रयास किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे अनुराग केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गग्गल हवाई अड्डे को प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके वे आज कांगड़ा जिला के देहरा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे रेल विस्तारीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद ही नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य तीर्थ स्थानों साहसिक खेलों और अन्य विविध पक्षों को कलाकारों द्वारा समय समय पर चित्र पटल पर उकेरा जाता रहा है शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित देश व प्रदेश की विविध संस्कृति स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहती है

प्रदेश के सभी जिलों में इस संबंध में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने जिले को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए सभी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है